मतदान के लिए एक लाख तेरह हजार मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं चुनाव को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई हैं इस चरण में प्रदेश की आठ सीटों भोपाल विदिशा राजगढ गुना सागर ग्वालियर मुरैना और भिण्ड में मतदान किया जा रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वी एल कांताराव ने बताया है कि अब तक मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है

वहीं आम लोग भी उत्साह के साथ मतदान के लिये पहुंच रहे है सागर में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रीति मैथिल ने कतार में लगकर मतदान किया राजगढ़ में भी मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं

चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण का चुनाव प्रचार जोरों पर है

विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को रिझाने के लिये इन क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज इन्दौर और खंडवा के छैगॉवमाखन में रैलियों को संबोधित करेंगे श्री मोदी कल भी प्रदेश के दौरे पर रहेंगे इस दौरान वे रतलाम में रैली करेंगे वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड़ा कल रतलाम लोकसभा क्षेत्र में जनसभा और इन्दौर में रोड शो करेंगी आईपीएल आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुम्बई इंडियंस के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा यह मैच शाम साढे सात बजे शुरू होगा